नीति आयोग की रैंकिंग में देश भर के एक सौ पन्द्रह महत्वाकांक्षी जिलों में कोण्डागांव को दूसरा स्थान मिला है रायपुर में आज हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और क्शाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता तथा जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह

राष्ट्रपति आतंकवाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांति के प्रति वचनबद्द है लेकिन अगर जरूरत हुई तो वह पूरी शक्ति के साथ अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करेगा श्री कोविंद ने कोयम्बट्र के पास सुलूर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पित हैं और वायुसेना ने हाल ही में इसे सिद्ध करके भी दिखाया है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी सेना की भूमिका सराहना की राष्ट्रपति अध्यादेश मंजूरी मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक के पारित होने के बाद राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे वह बैंक खाता खोलने से जूड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड से संबंधित हों कोंडागांव महत्वाकांक्षी जिला नीति आयोग द्वारा देश भर के एक सौ पन्द्रह पिछड़े जिलों का तेजी से विकास करने के लिए महात्वाकांक्षी जिलों के रूप में छत्तीसगढ़ के दस जिलों को चुना गया है इन जिलों में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को पोषण स्वास्थ्य शिक्षा कृषि सिंचाई बैकिंग सुविधा कौशल विकास और अधोसंरचना विकास के जरिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा नीति आयोग की रैंकिंग में कोण्डागांव को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है इस उपलब्धि के लिए आयोग की ओर से कोण्डागांव जिले को पांच करोड़ रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा यह पुरस्कार छह मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा कोण्डागांव जिले को पूरे देश में विभिन्न विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए नीति आयोग की रैकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी है दीक्षांत समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में आयोजित किया गया इसी सभागार में आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी हुआ इन दोनों समारोहों की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक सौ चार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और तीन सौ चालीस शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पोते गोपालकृष्ण गांधी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को सिर्फ शासकीय सेवा में ही अपना भविष्य खोजने के बजाय कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर स्व रोजगार स्थापित करना चाहिए वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नया रायपुर में सॉफ्टवेयर पार्क बनाएगी इसके अलावा हर जिले में फूड पार्क भी बनाया जाएगा वहीं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के समारोह में चार शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नौ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और दो सौ उनसठ छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे

कल बिलासपुर के कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योजनाओं का अध्ययन करने से यह पता चलेगा कि लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव आया है राज्यपाल ने टीबी से पीड़ित बच्चों की खोजकर उनकी देखभाल करने की अपील भी लोगों से की दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने करीब दो सौ दो छात्र छात्राओं को उपाधि पत्र और निन्यानवे छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए

हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाना और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके माता पिता तक पहंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि किसी भी होटल ढाबा या व्यापारिक प्रतिष्ठान में बच्चों द्वारा मजदूरी किये जाने या फिर सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों द्वारा भीख मांगे जाने की घटनाओं के बारे में कोई भी व्यक्ति संबंधित बच्चे की फोटो खींच कर या उसका विडियो क्लिप बनाकर राज्य पुलिस के फोन या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है

महाशिवरात्रि छत्तीसगढ़ सहित देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है

वहीं महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित माघी पुन्नी मेला आज संपन्न हो गया महाशिवरात्रि के अवसर पर आज माधी पुन्नी मेले में अंतिम शाही स्नान किया गया साध् संतों ने शाही स्नान के बाद भगवान शिव की विशेष प्रजा अर्चना की सुबह संत समागम स्थल पर सबसे पहले नागा साधुओं ने शस्त्र पूजा की इसके बाद विभिन्न आश्रमों अखाड़ों और शक्तिपीठों के साध् संत अपने प्रतीक चिन्हों और ध्वजों के साथ संत समागम में शामिल हुए इस अवसर पर नागा साध्ओं ने अपने शौर्य के करतब भी दिखाए आज महाशिवरात्रि होने के कारण राजिम के संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव सहित पंचकोशी परिक्रमा के अन्य महादेव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा गौरतलब है कि माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ उन्नीस फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन से हुआ था चित्रकोट महोत्सव बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट महोत्सव के दूसरे दिन आज विभिन्न जिलों के कलाकारों के अलावा पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश और ओड़िशा के कलाकारों ने भीं अपनी प्रस्तुति दी वहीं सुबह के समय कबड़्डी वॉलीबॉल और रस्सी खींच के मुकाबले हुए महोत्सव के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इकतालीस हजार इकतीस हजार और इक्कीस हजार रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए जम्मु कश्मीर में सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ छत्तीसगढ़ के एक जवान डयूटी के दौरान शहीद हो गया

दुर्ग से भोपाल के बीच चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस आज से पूरी तरह उत्कृष्ट कोच वाली ट्रेन हो गई है नारायणपुर में पांच दिनों से चल रहा माता मावली मड़ई मेला कल संपन्न हो गया

कबीरधाम जिले के श्रंगारपुर के पास एक कार के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

प्रदेश के युवा गीताकार डॉक्टर चंपेश्वर गिरी गोस्वामी के छत्तीसगढ़ी गीतों के संग्रह गीत के गाड़ी का विमोचन रायपुर में संपन्न हुआ